विपक्ष का कम से कम पचास प्रतिशत इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का मतदान पुष्टि पर्चियों से औचक मिलान करने का अनुरोध नामंजूर करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वह अपना पूर्व निर्णय बदलना नहीं चाहते

चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू होने के बाद से तीन हजार तीन सौ साठ करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाब धनराशि अवैध शराब नशीले पदार्थ सोना और उपहार जब्त किए हैं लोकसभा चुनाव के शेष दो चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है

राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक विभिन्न स्थानों पर जनसभाएं कर रहे हैं

पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग ने आज जयपुर में पत्रकारों को बताया कि पुलिस ने इस मामले में प्रागपुरा के रहने वाले इन्द्राज गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है जबकि शेष चार आरोपियों की तलाश की जा रही है

इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने घटना का उल्लेख करते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का आरोप लगाया है

अक्षय तृतीया पर अबूझ सावा होने के चलते बडी संख्या में बाल विवाह की आंशका को देखते हुए प्रदेशभर में प्रशासन ऐहतियात बरत रहा है अजमेर जिले में भी सभी उपखंड मुख्यालयों और जिला कलेक्ट्रेट में नियंत्रण कक्ष बनाये गये हैं जो चौबीस घंटे खुले रहेंगे इसके अलावा विवाह समारोहों में काम करने वाले हलवाइयों बाजे वालों और पंडितों से भी बाल विवाह होने की जानकारी नियंत्रण कक्ष को देने के आदेष दिये गये है उधर सवाईमाधोपुर में भी संभावित बाल विवाह की रोकथाम के लिये नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है

उदयपुर में परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में एक शोभायात्रा निकाली गई इसमें भगवान परशुराम से जुडी झांकियां विशेष आकर्षण का केन्द्र रही ड्रंगरपुर में वशी गांव में भगवान परशुराम के मंदिर पर र्मले का सा माहौल है वहीं नवल श्याम गांव में आज भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया गया कई जगह भगवान परशुराम की शोभायात्रा भी निकाली जा रही है भरतपुर में भगवान परशुराम का अभिषेक किया गया

आज पहला रोजा रखा गया है रमजान के पाक महीने में रोजेदार एक महीने रोजे रखकर इबादत करेंगे

उधर अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती दरगाह कमेटी की ओर से रोजा इफ्तार के विशेष प्रबंध किए गए हैं

इस अवसर पर आज शाम राष्ट्रीय स्तर के कलाकार सतरंगी कार्यक्रम पेश करेंगे

उन्होंने आशंका जताई कि इस बार मानसून कमजोर रहा तो अगस्त के बाद बीसलपुर बांध से पानी लिया जाना मुश्किल हो सकता है

विजेता टीम सीधे फाइनल में जायेगी जबकि हारने वाली टीम को खिताबी मुकाबले में पहुंचने के लिए एक और मौका मिलेगा जोधपुर में सेना भर्ती रैली एक से दस जुलाई तक आयोजित की जायेगी इस भर्ती रैली में जोधपुर पाली प्रतापगढ़ बांसवाड़ा डूंगरपुर उदयपुर बाड़मेर जैसलमेर सिरोही तथा जालौर जिलों के अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे सेना भर्ती रैली का विस्तृत कार्यक्रम छह जून से वेबसाईट पर उपलब्ध होगा